राज्यों की सहमति के आधार पर अंतरराज्यीय परिवहन के लिए वाहनों के परिचालन को मिली मंजूरी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानें बंद रहेंगी

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से प्रभावी हो गया है यह चरण इकतीस मई तक प्रभावी होगा गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी केवल घरेलू हवाई एंबूलेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी स्कूल कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे

ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे इनमें मास्क पहनना अनिवार्य है थ्रकने पर जुर्माना है और सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार राज्य जोन का निर्धारण कर सकेंगे

वर्तमान में लॉकडाउन के तीसरे चरण में जारी दिशा निर्देश ही प्रभावी रहेंगे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक से दो दिनों के भीतर सरकार नये दिशा निर्देश जारी कर सकती है केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए और चालीस हजार करोड रुपये दिए जाएंगे इससे लगभग तीन सौ करोड कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी श्रीमती सीतारमन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है

उन्होंने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है

इन सभी लोगों को गया के विभिन्न होटलों में बनाये गये क्वारेंटीन सेन्टरों में रखा जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार आने ये इच्छुक सभी प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द वापस लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर ट्रेनों के परिचालन के संबंध में रेलवे को बेहतर व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है इसमें कहा गया है कि रेलवे को रेलगाड़ियों को चलाने के संबंध में विज्ञापन निकालकर पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके साथ ही इस पत्र में कहा गया है कि इस ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए साधारण ट्रेन की तहर नियम बनाये जाये बिहार में अब तक तीन सौ श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से चार लाख सत्तर हजार लोगों को उनके गृह जिला तक पहुंचाया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आज तैंतालीस रेलगाडियों से लगभग सत्तर हजार श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं आने वाले दिनों में तीन सौ तिरानवे और रेलगाडियां राज्य में पहुंचेंगी श्री कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए आठ रेलगाड़ियां राज्य के भीतर अप डाउन में चल रही हैं प्रदेश में अब तक एक करोड़ इक्कीस लाख परिवारों के बैंक खातों में एक एक हजार रूपये की राशि भेज दी गयी है सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी

सबसे अधिक पटना से अठावन मामले सामने आये हैं पटना में जो मामले सामने आये हैं उसमे बीएमपी के इक्कीस जवान और एनएमसीएच की एक नर्स शामिल हैं इधर चार सौ पच्चीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि आठ लोगों की मौत हुई है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग छत्तीस प्रतिशत पर पहुंच गयी है इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर नब्बे हजार नौ सौ सत्ताईस हो गयी है इनमें चौंतीस हजार एक सौ नौ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो हजार आठ सौ बहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश में अब उनतालीस सौ नमूनों की प्रतिदिन जांच हो सकेगी राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलावार कोरोना जांच का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है पटना स्थित आरएमआरआई में एक हजार सात सौ पच्चीस पटना एम्स में तीन सौ डीएमसीएच दरभंगा में चार सौ पचहत्तर और मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में चार सौ नमूनों की जांच की जायेगी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने हाथों की सफाई और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखने की सलाह दी है

बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ललित किशोर ने राज्य के अधिवक्ताओं से इकतीस मार्च तक अदालत नहीं जाने का अनुरोध किया है श्री किशोर ने केन्द्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आलोक में यह अपील की है इधर पटना सिविल कोर्ट के सदस्यों ने काउंसिल के दिशा निर्देशों के आलोक में इकतीस मई तक अदालत नहीं जाने का फैसला किया है आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासी मजदूरों के बीच खाद्यान्न वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अनाज उपलब्ध करा दिया है निगम के पूर्वी अंचल के कार्यकारी निदेशक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि बिहार को लगभग छियासी हजार पांच सौ मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है राज्य सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें यह बात कहीं जा रही है कि राज्य के क्वारेंटीन सेन्टरों पर प्रति व्यक्ति दो हजार चार सौ चालीस रूपये खर्च हो रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कहा गया है कि यह खबर बिहार से संबंधित नहीं हैं और पूरी तरह निराधार है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि एसटीईटी दो हजार उन्नीस की फिर से होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा और न ही अभ्यर्थियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत होगी बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्पन के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले दो दिनों तक आंधी और बारिश की सम्भावना बनी हुई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है वैशाली जिले के रामभद्र इलाके से पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी कर दस हथियार एक सौ कारतूस और तीन सौ गोलियों का खोखा बरामद किया है औरंगाबाद जिले के पटेलनगर से पुलिस ने पचास हजार रूपये के ईनामी अपराधी अजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लॉकडाउन के चौथे चरण से जुड़ी खबरों को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पैकेज से जुड़ी खबरें भी आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है प्रभात खबर आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना संक्रमण के मामलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार लॉकडाउन का चौथा चरण आज से प्रभावी

राज्यों की सहमति के आधार पर अंतरराज्यीय परिवहन के लिए वाहनों के परिचालन को मिली मंजूरी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानें बंद रहेंगी